राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कल एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के निदेशक डॉ डीके सिंह ने इसकी पुष्टि की है इस तरह रांची में हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी से अबतक चौदह कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इसके अलावा बोकारो में नौ हजारीबाग में दो और कोडरमा सिमडेगा और तथा गिरिडीह में एक एक कोरोना संक्रमपा मरीज मिल चुके हैं गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संदिग्घों के अभी तक तीन हजार साठ सैंपल लिए जा चुके हैं इनमें से दो हजार छह सौ तीन सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि अड्डाइस पॉजिटिव मामले मिले हैं और इनमें से दो संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है इसके अलावा चार सै उनतीस सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी आने का इंतजार है उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले में लोगों द्वारा बार बार लॉक डॉउन का उल्लंघन किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है न्यायधीश संजय क्मार दिवेदी की अदालत ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका में परिवर्तित करने का निर्देश दिया उन्होंने मुख्य सचिव महाधिवक्ता रांची के उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में इसे रखने का निर्देश दिया इस मामले पर अगली सुनवाई कल होगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस सिलसिले में अतिरिक्त लैब और जांच किट उपलब्ध कराने का आग्रह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से किया गया है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाइन को लेकर केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किए हैं उसकी व्यवहारिकता का आकलन करने के उपरांत कोई निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने लॉक डाउन के दौरान गरीबों और जरुरतमंदों को अनाज भोजन व अन्य जरूरी सामान उपलब्य कराने के लिए आगे आए विभिन्न संगठनों और लोगों की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉक डाउन के दौरान कुछ शरारती तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही रही है केन्द्र सरकार केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए है यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में बीस अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर होंगे इसमें दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी मालवाहक वाहनों के आवगमन की अनुमति होगी तथा बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मेकैनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है तथा बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाए दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल होमस्टे लॉज और मोटल काम करते रहेंगे केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी

इस सिलसिले में झारखण्ड मंत्रालय में आज एक सहायता मोबाईल एप्प लांच किया जाएगा इस एप्प के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों की पूरी जानकारी मिल सकेंगी इसके बाद उन लोगों तक अनिवार्य जरुरतों को पहुंचाया जाएगा उधर झारखंड और बिहार में फंसे राजस्थान के प्रवासियों की सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने चार पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है राजस्थान सरकार के ये पदाधिकारी झारखंड में राजस्थान के मजदूरों की समस्याओं की जानकारी लेने के साथ उसका निराकरण करेंगे अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार से किसानों के धान के बकाए का शीघ भूगतान करने को कहा है उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बाबत पत्र लिखा है इसमें उन्होंने कहा है कि सरायकेला सिमर्डेगा और खूंटी जैसे जिलों में धान अधिप्राप्ति केंद्रों में किसानों द्वारा बिक्री किए गए धान का भूगतान तीन माह से लम्बित है ऐसे में लॉक डाउन की वजह से इन किसानों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा हो गई है इसलिए इनके द्वारा बेचे गए धान के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए

इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी किया है पुलिस पदाधिकारियों के मुताबिक फेसबुक इंस्टाग्राम टिक टॉक ट्विटर और व्हाट्स एप्प पर किए जा रहे विभिन्न र्पास्ट्स की पुलिस बारीकी से निगरानी कर रही है

झारखण्ड के ये मजदूर उड़ीसा के बड़विल से आ रहे थे पूलिस ने इन सभी को राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय बुंडू में बने क्वारीन्टीन सेंटर में भेज दिया है इन सभी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अगर लॉक डाउन तीन मई से आगे बढ़ता है तो गर्मी की छटिट्यों में कटौती की जाएगी उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षपिाक सत्र दो माह कम किए जाने की वजह से हर दिन पढ़ाई की अवधि में एक घंटे की बढ़ोत्तरी की जाएगी और शनिवार को भी हॉफ की बजाय फूल डे क्लासेज चलेंगी उन्होंने यह भी कहा कि निजी विद्यालयों से लॉक डाउन अवधि की फीस माफ किए जाने के संबंध में शिक्षा मंत्री के निर्देश पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है इधर शिक्षा मंत्री के आग्रह के बाद राजधानी रांची के सीबीएसई बोर्ड से संबंद्व कई विद्यालयों ने एक माह का बस किराया नहीं लेने की घोषपा की है इन विद्यालयों ने यह भी कहा है कि वे आगामी छह माह तक बच्चों के अभिभावकों पर स्कूल फी देने का दबाव नहीं बनाएंगे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

इस संबध में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संबधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं

इसके अलावे कोतवाली डीएसपी सहित एक सौ इक्यावन पुलिस कर्मी भी क्वारेन्टाइन में चले गए हैं राजधानी रांची में गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए लगभग छब्बीस सौ चापानलों की मरम्मत की जाएगी रांची नगर निगम ने इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है